मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुंह साफ रखें केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति को तेज करने को कहा है राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है प्रत्येक सत्र में टीके लेने वालों की औसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वे उन लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करे जो को विन डिजिटल प्लटेफॉर्म पर पहले से ही पंजीकृत हैं

देश में कोविड टीके तेजी से लगाए जा रहे हैं

इस बीच कल जोधपुर में एक कोरोना संक्रमित की मृत्यु हो गई

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के बजट में ऐसे प्रावधान किए जाए जिससे किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ने के साथ ही वे खुशहाल हो मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों पशुपालकों डेयरी संघ के पदाधिकारियों और जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया श्री गहलोत ने कहा कि कृषि पशुपालक और इससे जुड़े क्षेत्रों का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसान और पशुपालकों के सुझाव बजट के लिए महत्वपूर्ण होगें

श्री पूनिया ने पत्र में लिखा कि राजस्थान राज्य अधिकृत विक्रेता संघ जिला शाखा झालावाड़ के जिला अध्यक्ष की ओर से विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है श्री पूनिया ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत करवाया जाए

इसके बाद मतगणना होगी अध्यक्ष के निवार्चन के बाद कल उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा

प्रदेश के विभिन्न जिलों में पक्षियों की हो रही असामान्य मौतों का सिलसिला अब कम हो गया है

इसके बाद अमेरिकी सैनिक अभ्यास क्षेत्र महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए रवाना हुए जहां कल से संयुक्त प्रशिक्षण शुरू होगा

बुलंद दरवाजे पर झंड़ा चढ़ाने की रस्म के साथ ही यह उर्स शुरू हो जाएगा राज्य सरकार की ओर से कोरोना से बचाव के लिए जारी की गई नई गाइड लाइन के तहत उर्स में शामिल होने वाले जायरीन को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा इसके लिए जिला प्रशासन ने एप और वेबसाइट लॉन्च की है